श्री मोदी ने कहा कि भारत में तेजी से शहरीकरण हो रहा है और नये मकानों के निर्माण की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि उनकी सरकार दो हजार बाईस तक सभी के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्द है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 वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आज नई दिल्ली में मन की बात रेडियो पर एक सामाजिक क्रांति नामक प्रस्तक का विमोचन किया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 वित्तमंत्री ने कहा कि आज के यूग में टेलीविजन चैनलों का समाचार प्रसारण करने का एक अलग अंदाज है जबकि आकाशवाणी के समाचार बुलेटिन वास्तविकता पर आधारित होते हैं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 श्री सूर्य प्रकाश का कहना था कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तरह अन्य प्रधानमंत्री को लोगों से इस तरह सीधे जुड़ते नहीं देखा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय वायु सेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की स्वदेश वापसी का स्वागत करते हुए कहा कि उनके अनुकरणीय साहस पर देश को गर्व है आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा हिन्दुस्तान जो भी करेगा दुनिया उसको गौर से देखती है कभी अभिनन्दन का अग्रेंजी होता था ब्वदहतंजनसंजपवदे और अब अभिनन्दन का अर्थ ही बदल जाएगा ये ताकत इस देश में है आइए उस आत्मविश्वास को लेकर चलें एक पराक्रमी राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ना है और सपनों को पूरा करने के लिए समयबद्ध समय सीमा में एक के बाद एक अनूठा रहा है सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की दृढ़ता और साहस की सराहना की है वेलकम बैक ए वॉरियर

भारत देश की सरहद की सुरक्षा की थी तो आप दुश्मन को उसके घर तक खदेड़ आए ये देश आपका अभिनंदन करता है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

श्री सिंह आज गोरखपुर जिले के पीपीगंज के चौक माफी में महागुरु गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र के प्रशासनिक भवन का लोकार्पण करने के बाद किसान मेला और क्रपि प्रदर्शनी के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे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 यदि पहले ही यह कार्य किया गया होता तो आज हर किसान का जीवन खुराहाल होता और वो उन्नति की राह पर अग्रसर होते